न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमणियन ने प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश के रूप में ली शपथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाक्र ने आर्मी ट्रैनिंग कमांड मुख्यालय शिमला से बाहर स्थानतंरित न करने का रक्षा मंत्री से किया अनुरोध और प्रधानमंत्री के आहवान पर जल संग्रहण को लेकर प्रदेश की सभी पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन जीएसटी राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी हवाई अड्डों के लिए केंद्र से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है कल नई दिल्ली में राज्य के वित्त मंत्रियों व जीएसटी परिषद की बैठक में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने ये मामला उठाया उन्होंने कल्लू और कांगड़ा हवाई अडडो के विस्तार के लिए केंद्र र्स एक हजार करोड़ रुपये की धनराशि देने की मांग भी की

भारद्वाज ने विद्युत परियोजनाओं में प्रयोग होने वाली सामग्री को जीएसटी का लाभ देने की भी बात कही सुरेश भारद्वाज ने प्रस्तावित भानुपल्ली बिलासपुर मनाली लेह रेल लाईन निर्माण और पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल लाईन को ब्राडग्रेज में बदलने तथा इन्हें शतप्रतिशत सेंट्रल शेयरिंग में रखने का आग्रह किया उन्होंने सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सेब की आयात दरों को दोगुना करने और हिमाचल को पर्वत माला योजना के तहत उदारता पूर्वक धन उपलब्ध करवाने का भी अनुरोध किया शपथ न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमणियन ने आज प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश के रूप में शपथ ली

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उच्च न्यायालय के न्यायधीश व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे

इसमें दो हज़ार पांच सौ किसान सिरमौर ज़िला के शामिल होंगे सिरमौर ज़िला के राजगढ़ क्षेत्र में बथाऊधार गांव में प्राकृतिक खेती पर आधारित शिविर में किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी

वीरेंद्र कंवर राज्य सरकार ने हर सरकारी स्कूल में वर्षा जल संग्रहण का लक्ष्य तय किया है ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना ज़िले के समूरकलां स्थित सरकारी स्कूल में एनएसएस की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही बेहतर जल प्रबंधन की जरूरत बताते हुए वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इससे पानी की समस्या से निपटा जा सकेगा इस बीच वीरेंद्र कवर ने बंगाणा में सैनिक सम्मेलन की अध्यक्षता भी की इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है उन्होंने कहा कि बंगाणा में सीएसडी कैंटीन और सैनिक विश्राम गृह खोलने का प्रयास किया जाएगा मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने स्पिति प्रवास के दौरान आज समदो में डोगरा स्काउट रेजिमेंट का निरीक्षण किया और अधिकारियों को समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया इस दौरान उन्होंने लरी गांव में जनसमस्याएं सुनीं और वहां मैडिटेशन सैंटर खोलने की घोषणा की रामलाल मारकंडा ने किसानों की फसलों को कीट पतंगों से बचाने के लिए क्षेत्र में सौर स्प्रे पंप देने का आश्वासन भी दिया

कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि एक घायल महिला ने आज पीजीआई चंडीगढ़ में दम तोड़ा इस बीच सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कृल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में उपचाराधीन घायलों का कृशलक्षेम पूछा और उन्हें सरकार की तरफ से बेहतर उपचार सुविधाएं देने का आश्वासन दिया

उन्होंने दुर्घटना पर दुख जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की

राज्य विद्युत बोर्ड के एक प्रवक्ता ने कहा है कि इससे ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ सकता है उन्होंने लोगों व पर्यटकों को नदी के किनारे न जाने की सलाह दी है

अनुराग ठाकुर ने कहा कि कमांड मुख्यालय शिमला में होने से यहां के लोगों को भी रोजगार मिला है इधर पूर्वे मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर शिमला स्थित आरट्रेक को शिमला से मेरठ स्थानांतरित न करने का आग्रह किया है उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया है ग्रामसभा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर बरसात के दौरान जल संग्रहण को लेकर आज प्रदेशभर में सभी पंचायतों में ग्रामसभाओं का आयोजन किया गया

उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि इन बैठकों में जल संग्रहण के लिए जमीनी तौर पर कार्य करने पर विचार विमर्श किया गया

किशन कपूर सांसद किशन कपूर ने कहा है कि वे संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को संसद में पुरजोर तरीके से उठाएंगे ताकि विकास को गति दी जा सके ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के लव चौक में लोगों का आभार व्यक्त करने के मौके पर उन्होंने ये बात कही किशन कपूर ने कहा कि वे लोगों की भावनाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृतव में केन्द्र सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ भारत को विकास की नई बुलदियों पर पहुंचाया है

भेंट शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज दिल्ली में भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भेंट की उन्होंने नड्डा को बधाई देते हुए कहा कि उनके विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का दायित्व संभालने से हिमाचल का देश में मान बढ़ा है सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा के कुशल प्रबंधन से पार्टी में मजबूती के साथ साथ संगठनात्मक विस्तार को भी बल मिलेगा इस बीच शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय पैट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धमेंद्र प्रधान से मुलाकात कर हिमाचल के संबंध में चर्चा कर विभिन्न योजनाओं के तहत सहयोग की अपील की सुरेश कश्यप सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि लुप्त हो रहे ठोडा खेल को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा सोलन में शूलिनी मेले के दूसरे दिन ठोडा नृत्य की प्रस्तुति देखने के बाद उन्होंने कहा कि इस खेल को राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया जाना चाहिए सुरेश कश्यप ने कहा कि ठोडा नृत्य को बढ़ावा देने से युवा पीढ़ी इसकी तरफ आकर्षित होगी और इसके संरक्षण में मदद मिलेगी उन्होंने मेले के दौरान चित्रकला प्रतियोगिता में अव्वल रहे छात्रों को सम्मानित किया इससे पहले विभिन्न ज़िलों से आई चार टीमों ने पौराणिक ठोडा खेल में भाग लिया चित्र प्रदर्शनी सूचना व प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के फील्ड आउटरीच ब्यूरो शिमला द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आईटीआई शिमला में चित्र प्रदर्शनी लगाई गई क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी रितेश कप्र ने बताया कि प्रदर्शनी के दौरान योग शिविर और फील्ड आउटरीच ब्यूरो के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तृत किया गया